केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करें अधिकारी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

ये मंजूरी मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई

इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने दल बदल पर अयोग्य घोषित करने और अविश्वास प्रस्ताव को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा मंत्रिमंडल ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि सरकार मंडी जिला के तत्तापानी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट विकसित करेगी ताकि इसे सैलानियों के लिए एक पसंदीदा गत्वय के रूप में उभारा जा सके मुख्यमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जलकीड़ा गतिविधियों के शुभारम्म के मौके पर बोल रहे थें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटक गंतव्य भी मिलेंगे उन्होंने कहा इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्राप्त होंगे राजबली प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजबली ने कहा है कि जयराम ठाकुर सरकार मुस्लिम समाज के हक में है और समुदाय के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है

उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग मुसलमानों को भ्रमित करने में लगें हैं उन्होंने कि मौलाना मुमताज अहमद कासमी प्रदेश सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे है उन्होंने कासमी पर वर्क्फ बोर्ड के विश्राम गृह पर जबरन कब्जा करने और यहां अवैध मदरसा चलाने का भी आरोप लगाया नाटी विवाद राज्य आबकारी व कराधान विभाग ने देशी शराब के एक ब्रांड पर नाटी का चित्र छापे जाने की अनुमति को तुरन्त प्रभाव से वापस ले लिया है विभाग ने ये फैसला जनमानस की भावनाओं को देखते हुए लिया है विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कई पडोसी राज्यों में इस तरह के परम्परागत नाम प्रचलित हैं लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नाटी के चित्र की अनुमति को तुरन्त प्रभाव से वापस ले लिया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज पार्टी के अन्य नेताओं के साथ शिमला जिला के गुम्मा से छैला तक किसान आन्दोलन के समर्थन में पदयात्रा की इस दौरान राठौर ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत करने और नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर शिमला जिला से हर मामले में भेदभाव का आरोप लगाया पदयात्रा में विधायक मोहन लाल ब्राक्टा पूर्व विधायक रोहित ठाकुर शिमला जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग ने चंबा ज़िला के नैनीखड्ड में नई पैराग्लाइडिंग साईट अधिसूचित की है जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि नैनीखड्ड के गांव रैना में टेकऑफ और जारेई गांव में लैंडिंग साईट बनाई गई है इसी के साथ जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए साईट की संख्या बढ़कर तीन हो गई है खजियार में दो पैराग्लाइडिंग साईट पहले से ही काम कर रही है

उन्होंने उम्मीद जताई कि नैनीखड्ड पैराग्लाइडिंग काफी सफल रहेगी क्योंकि ये साईट पंजाब के साथ लगती है अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने को कहा है अनुराग ठाकुर आज धर्मशाला में जिला स्तरीय समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होनें कांगड़ा को देश भर में सबसे पहले टीबी कृष्ठ और कृपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष अभियान आरम्भ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने इस कार्य में आम जनमानस और जनप्रतिनिधियों का सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा अनुराग ठाक्र ने अधिकारियों को कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा ताकि किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुद्रढ़ की जा सके उन्होंने अधिकारियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर निर्माण के लिए कारगर कदम उठाने को भी कहा

परमार ने आज शिमला में कहा है कि इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा माकपा विधायक राकेश सिंघा और निर्दलीय विधायक हिस्सा लेगें बैठक में सभी दलों से सत्र के सुचारू संचालन के लिए रचनात्मक सहयोग और जनहित से जुडे मुद्दे उठाने का आग्रह किया जाएगा विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल विधानसभा की उच्च परम्पराएं और गरिमा है उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र के दौरान सदस्य इन परम्पराओं और गरिमा को बनाए रखेंगे

योग हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ मार्च में ऑनलाईन राज्यस्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन करेगा

ये बात हिमाचल प्रदेश योगासन खेल के अध्यक्ष डॉक्टर जीडी शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का उदेश्य योग को घर घर पहुंचाना है जीडी शर्मा ने ये भी कहा कि योगासन खेल संघ युवाओं के लिए योग के माध्यम से रोजगार के अवसर जुटाने का प्रयास भी करेगा उन्होंने कहा कि योगासन को केंद्र सरकार द्वारा खेल के रूप में मान्यता दिए जाने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगें पौधरोपण सन्त निरंकारी मिशन शिमला द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति में आज शिमला के कमला नेहरू अस्पताल के आसपास वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण अभियान चलाया गया

अभियान के दौरान इन पौधों को कम से कम तीन वर्ष के लिए संरक्षित करने का प्रण भी लिया गया

विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोम सक्रिय हुआ है इसके प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आयेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है ये सिलसिला पहली मार्च तक जारी रहेगा और इस दौरान लोगों को फिर से ठंड़ का सामना करना पड़ सकता है वॉल्वो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यूरो सिक्स वॉल्वो कोच चलाने वाला देश का पहला निगम बन गया है

निगम के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए निगम शिमला दिल्ली और मनाली दिल्ली के बीच एसी वॉल्वो बसें चला रहा है प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार पर स्कूल प्रवक्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है संघ के अध्यक्ष केसर ठाक्र और अन्य पदाधिकारियों ने आज शिमला में एक संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने टीजीटी और जेबीटी की हाल ही में बड़े पैमाने पर पदोंन्नतियां की लेकिन स्कूल प्रवक्ताओं की इसमें पूरी तरह अनदेखी की गई है

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश मंत्रिमंडल का फैसला राज्य में पार्टी चिन्ह पर होंगे नगर निगम चुनाव

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आपसी समन्वय के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करें अधिकारी

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार